और बागेश्वर में लगे किसान मेले में दूर दूर से पहुंचे काश्तकार कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से हुए लाभान्वित स्लग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है

इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि बहत कम राजनीतिक नेता लोगों से सरल ढंग से सीधे संपर्क बनाने के योग्य होते हैं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

सोशल मीडिया को शक्तिशाली माध्याम बताते हुए श्री जेटली ने कहा कि तथ्यों की अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं उन्होंने इस संबंध में पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर भारतीय वायू सेना के हमले की मिसाल दी और कहा कि तोड़ मरोड़ कर खबरें देने वालों ने वास्तविक तथ्यो की जांच नहीं की और लक्षित स्थान को जम्मू कश्मीर में बताया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 श्री सूर्य प्रकाश का कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरह अन्य प्रधानमंत्री को लोगों से इस तरह सीधे जुड़ते नहीं देखा है स्लग लॉ यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में डोईवाला विधानसभा के रानीपोखरी क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया

उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी के अस्तित्व में आने से क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलने की बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर के विद्यार्थियों के यहां पढ़ने से स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के साहस की सराहना की

स्मार्ट हैकाथन के तीसरे चरण में ग्रैंड फिनाले के लिए देहरादून में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय का चयन किया गया रूड़की के भारती प्रौद्योगिकी संस्थान को भी हैकाथन का केंद्र बनाया गया है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी में शोध और नवअनवेषण को बढावा देने के लिए विश्व के ओपन इनोवेशन मॉडल स्मार्ट इण्डिया हैकाथन की शुरुआत की थी स्लग किसान मेला बागेश्वर में किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें कृषकों ने अपने घरेलू उत्पादों का प्रदर्शन किया वहीं महिला समूहों के रिंगाल सहित अन्य सजावटी वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रहे मेले में दूरदराज के किसान भी बड़ी संख्या में पहंचे इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से किसानों को मुदा परीक्षण आजीविका खेती और उपकरणों से संबंधित जानकारी दी गई

साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को आय बढाने के बारे में भी जानकारी दी

अधिकांश जगहों पर आज सुबह से ही बादल धिरे रहे कई जगह बारिश भी हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई